कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर केंद्र सरकार ने तेज की तैयारियां कई राज्यों में शुरू होगा मॉकड्रिल राज्य में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के एक सौ सरसठ नए मरीज मिले जबकि एक सौ छिहत्तर लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली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

इससे सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा गृहमंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा

यह योजना पीएम जय योजना के साथ चलाई जाएगी योजना का लाभ देशभर में कहीं भी लिया जा सकेगा पीएम जय योजना के तहत सूची में शामिल अस्पताल इसके तहत सेवाएं उपलब्ध कराएंगे

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छह राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की किसानों ने श्री मोदी को पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में अनुभव भी सुनाए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी श्री मोदी ने कहा सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड नीम लेपित यूरिया और सौर पंप जैसी योजनाए शुरू की गई हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश की एक हजार से अधिक कृषि मंडियों को ऑनलाइन संपर्क से जोड़ दिया है श्री मोदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे आंदोलन समाप्त कर बातचीत के लिए आगे आएं देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारी अंतिम चरण में है केंद्र सरकार ने कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था को परखने के लिए चार राज्यों पंजाब असम गुजरात और आंध्रप्रदेश में अठाइस और उनतीस दिसंबर को पूर्वाभ्यास की तैयारी की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति जांच रसीद और आवंटन से संबंधित ऑनलाइन मंच कोविन पोर्टल में डाटा डालना दल के सदस्यों की तैनाती का आकलन होगा साथ ही टीका स्थलों पर जांच लाभार्थियों के साथ छदम अभ्यास रिपोर्टिंग का भी परीक्षण होगा पूर्वाभ्यास के तहत टीके के कोल्ड चेन प्वाइंट उसकी दलाई के इंतजाम टीका स्थल पर भीड़ का प्रबंधन एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखा जाएगा केन्द्र सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले समूहों की जल्दी पहचान करने और टीके के समान रूप से वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ महीनों में व्यापक तैयारी की है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर कोविड टीकाकरण के लिए तीस करोड़ लोगों की पहचान की है जिनमें स्वास्थ्यकर्मी अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत स्वदेश निर्मित कोविड का टीका जल्द ही लेकर आने वाला है उन्होंने इसे संभव बनाने वाले वैज्ञानिकों को उनके कठिन परिश्रम के लिए बधाई दी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन सत्र को हैदराबाद से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री नायडू ने देश में कोविड जांच किट पीपीई किट बनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिकों की समर्पण भावना की सराहना की उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की शुरूआत के समय देश में पीपीई किट वेन्टीलेटर और जांच किटों का उत्पादन नहीं के बराबर होता था अब थोड़े से समय में इनका उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि देश से इनका निर्यात किया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा है वैश्विक महामारी का संकट अभी टला नहीं है इसलिए चुनौतियां अभी भी बरकरार है उन्होंने कहा कि बावजूद इसके सरकार ने प्रदेशहित में काफी क्छ बेहतर करने का प्रयास किया है

मुख्यमंत्री एक निजी कार्यक्रम में बोकारो आए हुए थे

जिसके माध्यम से सरकार के कार्यों को जनता के समक्ष रखा जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार हर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है प्रदेश की जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होने दी जाएगी

राहत की बात रही कि एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है

जबकि एक लाख ग्यारह हजार तीन सौ इक्यावन मरीज ठीक हुए हैं अब तक एक हजार सोलह कोरोना मरीज की मौतें हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव सात एक प्रतिशत है अबतक सैंतालीस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है कल बारह हजार से अधिक कोविड टेस्ट किए गए देश में कोविड रोगियों की संख्या में और कमी आई है और यह कुल संक्रमित लोगों की दो दशमलव सात आठ प्रतिशत रह गई है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा से संक्रमित रोगियों का पता लगाने में मदद मिली है

दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के सौ से अधिक गांवों के आसपास के इलाके इन दिनों गुड़ की सौंधी खुशबू से भरे हए हैं बंगाल के नदिया और बर्दमान जिले के प्रवासी कारीगर इन इलाकों में बड़ी मात्रा में खजूर का गुड़ बनाने में जुटे हैं

चतरा जिले की औद्योगिक नगरी टंडवा प्रखंड में स्थित एनटीपीसी की नॉर्थ कर्णपुरा मेगा ताप विद्यूत परियोजना से मार्च से बिजली उत्पादन शुरू होगी कल परियोजना के बॉयलर का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक असीम कमार गोस्वामी ने बताया कि इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया जा रहा हैं

शिलान्यास के दो दशक बाद इस परियोजना से बिजली उत्पादन होने जा रहा है बहप्रतीक्षित योजना के शुरू हो जाने के बाद चतरा जिले में बिजली की समस्या न सिर्फ दूर होगी बल्कि चतरा से सटे दूसरे जिलों के साथ साथ कई अन्य राज्यों को भी इस परियोजना से बिजली मिल सकेगी

उसके पास से तीन गोली और मैग्जीन भी बरामद किया गया है जमादार एफसीआई गोदाम के पास एक बालू व्यवसायी को गोली मारने की धमकी दे रहा था इस घटना में जमादार के साथ एक अन्य युवक भी शामिल था पुलिस उसकी पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निशुल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर भारतीय भाषा संवर्धन भारतीय परम्परा और संस्कृति स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संघर्ष लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्ति तथा एंजेसियों को शूटिंग पर लगने वाले शुल्क में छूट दी गई है इस छूट की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से की गई विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर श्रृटिंग करने के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रखरखाव वाले इन स्थलों पर अब वीडियो बनाने और फोटो लेने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा

आंदोलन का दुरूपयोग कर रहे विरोधी दल तर्कसंगत और मुद्दों पर बात करने के लिए सरकार तैयार इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री के कृषि संवाद को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

चिटफंड घोटाले के मामलों का अब होगा स्पीडी ट्रायल दैनिक हिन्दुस्तान ने रांची में दो विशेष कोर्ट खोलने की प्रक्रिया शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रख्यात साहित्यकार शम्सुर्रहमान फारूकी के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है